सात लाख से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल

कांग्रेस में आतंकवाद को समुचित जवाब देने की हिम्मत नहीं है इसलिये देश अब तक आतंकवाद का सामना कर रहा है

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और उनकी मुलभूत जरूरतें पूरी करने की दिशा में तेजी से काम किया गया है

इसलिये सेना और सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में दो महीने में ही सभी जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया है जिससे जनता परेशान है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से उब गई है व चाहती है कि राज्य में जल्द से जल्द भाजपा की सरकार बने प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी रैली को संबोधित किया श्री शाह ने इस अवसर पर हजारों युवाओं की मौजूदगी में बाइक रैली को भी रवाना किया पार्टी ने आज केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिये देशभर में बाइक रैलियों का आयोजन किया था केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भोपाल केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री विरेन्द्र क्मार घटीक ने टीकमगढ और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित बाइक रैली में भाग लिया पुस्तक विमोचन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर केन्द्रित एक प्रस्तक का आज नई दिल्ली में विमोचन किया गया वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस अवसर पर कहा कि बहुत कम राजनीतिज्ञ लोगों से सरल ढंग से सीधे सम्पर्क बनाने के योग्य होते हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी रेडियो को जन साधारण के साथ बातचीत का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम मानते हैं इसलिये उन्होंने रेडियो के जरिए लोगों से अपने मन की बात की

स्टेट बार काउंसिल जबलपुर में स्टेट बार काउंसिल के दो दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह की शुरूआत आज बार काउंसिल के नये भवन निर्माण के लिये भूमिपूजन के साथ हुई

उन्होंने कहा कि नये अधिवक्ता देश का भविष्य हैं उन्हें समाज और न्याय प्रकिया में अनुकरणिय भूमिका निभानी चाहिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस एएम खानबिलकर ने बार काउंसिल द्वारा किये गये कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि न्याय पालिका से जुड़े सभी लोगों को समर्पित होकर काम करना चाहिये स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष में अब से कुछ ही देर बाद कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जायेगा इस समारोह को कल दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जबलपुर उच्च न्यायालय के जस्टिस सुजय पाल संबोधित करेंगे राज्यपाल जबलप्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जबलपुर जिले के खुडावल गांव पहुंचकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए अश्विनी काछी को श्रद्वांजलि दी उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें एक लाख की सहायता राशि भी प्रदान की

उन्होंने पुलिस महानिदेशक को दिये निर्देशों में कहा है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिये मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अपराधों को रोकने के लिये कड़े कदम उठाएं और इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को दें मुख्यमंत्री खुद अपराधों की रोकथाम के लिये उठाये गये कदमों की समीक्षा करेंगे

अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आयेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

मंडल द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक हैं

इस आयोजन में चुनाव समाज और मीडिया विषय पर कई वक्ता अपने विचार रखेंगे

इस व्याख्यानमाला में प्रख्यात गांधीवादी नारी सशक्तिकरण पर व्याख्यान देंगे